आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने हुनर हाट के अपने हाल के दौरे का उल्लेख करते हुए कहा कि यह देश की विशालता संस्कृति परंपराओं खान पान और जज्बातों की विविधता का दर्पण है इस हाट में प्रदर्शित पारंपरिक वस्त्र हस्तशिल्प कृतियां कालिन बर्तन बांस तथा पीतल के उत्पाद और संगीत वाद्य यंत्र समूचे भारत की कला तथा संस्कृति की अनोखी झलक प्रस्तृत करते हैं प्रधानमंत्री ने कहा हुनर हाट के माध्यम से लगभग तीन लाख हस्तशिल्पियों को रोजगार के अवसर मिले है श्री मोदी ने कहा लोगों को ऐसी प्रदर्शनियों को देखना चाहिए प्रधानमंत्री ने नागरिकों से फीट रहने पर जोर देते हुए कहा कि फीट देश ही हिट होता है श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे अपने रुची के अनुसार किसी शारीरिक और साहसपूर्ण गतिविधि को चुने प्रधानमंत्री ने महिलाएं के सशक्तिकरण करते हुए कहा कि सहकारिता समूह बनाकर अनेक महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही है उन्होंने कहा कि इन दिनों बच्चों में लगातार विज्ञान और तकनिकों में रुची बढ़ रही है श्री मोदी ने श्रीहरिकोटा में उस डिजिटल गैलरी का जिक्र किया जहां से रॉकेट लॉचिंग का नजारा देखा जा सकता है पी एम ने इसरो के युवा विज्ञानी कार्यक्रम यूविका का जिक्र करते हुए विद्यार्थियों से छुट्टियों के दौरान इसरो के विभिन्न केंद्रो में जाकर विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष के बारे में जानकारी हासिल करने का आह्वान किया ट्रांस अरूणाचल हाइवे के अंगर्तग अंजाव जिले के मुख्यालय हवाई और कई अन्य महत्वपूर्ण इलाकों को सभी मौसम के अनुकूल सड़कों से जोड़ने की परियोजना में हो रहे विलंब से स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उनका कहना है कि लंबे समय से चल रही परियोजना से लोगों को आवागमन में अधिक समय लगता है हवाई के एक स्थानीय निवासी ने बताया कि बारिस होने पर इस मार्ग पर जगह कीचड़ जमा हो जाने से दुर्घटना भर बना रहता है उन्होंने राज्य सरकार से परियोजना एजेंसी को त्वरित गति से कार्य पूरा करने का निर्देश देने का आग्रह किया है ताकि क्षेत्र की पर्यटन और अन्य आर्थिक गतिविधियों को गति मिल सके नाहरलगुन के तोमो रिबा चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स के ब्लड बैंक ने कैंसर पीड़ितों की जरुरतों को ध्यान में रखते हुए एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया इस रक्तदान शिविर का आयोजन कालोम यूथ केपिटल कमप्लेक्स ने स्टेट कैंसर सोसायटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश की ओर से किया था शिविर में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष रक्तदाताओं ने भाग लिया रक्तदान शिविर का उद्घातन करते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ हागे अमबिंग ने ऐसे आयोजनों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि रक्तदान के जरिए जरुरत मंद मरीजों की बहुत मदद की जा सकती है डॉ हागे ने बताया संस्थान में कमपोनेंट सेपरेटर ने काम करना शुरु कर दिया है और मरीज रेड ब्लड सेल्स और फ्रोजन प्लाजमा भी प्राप्र कर सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप कल से भारत की दो दिवसीय यात्रा पर आ रहे है सोमवार को अहमदाबाद पहुंचने पर राष्ट्रपति ट्रंप नमस्ते ट्रम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भाग लेंगे यह कार्यक्रम विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अमरीकी राष्ट्रपति कल शाम आगरा पहुंचेंगे जहां वे अपने परिवार के साथ ताजमहल में वक्त बिताएंगे अमरीका के राष्ट्रपति भारत यात्रा के दौरान आर्थिक और ऊर्जा सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर विचार विमर्श किए जाने की आशा है आतंकवाद से निपटने से लेकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि तक दोनों देशों के साझा हित है किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसलों में कीट प्रबंधन की जानकारी जरुरी है इसी को ध्यान में रखते हुए बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय पासीघाट समय समय पर किसानों के लिए कीट प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशाला आयोजित करता है कल महाविद्यालय परिसर में आयोजित कीट प्रबंधन जागरुकता कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया